विधानसभा अध्यक्ष ने गैरसैंण विकास परिषद की बैठक में गैरसैंण में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की

और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा स्किल इंडिया की सफलता के लिए युवाओं का कौशल विकास जरूरी स्लग विधानसभा सत्र राज्य विधानसभा में आज शोर शराबे के बीच विपक्ष के बहीर्गमन के साथ ही विधायी कार्यों को निपटाने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है

शेष क्षेत्रों में जल्द ही सीवर लाइन डाल दी जाएगी श्री पंत ने कहा कि जो गलतियां पिछली सरकार ने की हैं उन्हें सुधारने के लिए वर्तमान सरकार तेजी से काम कर रही है श्री पंत आज विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सदन मे विपक्ष और सत्तापक्ष के विधायकों की ओर से उठाए गए मुद्दे पर जवाब दे रहे थे कांग्रेस विधायक मनोज रावत और भाजपा विधायक हरबंस कपूर गणेश जोशी व उमेश शर्मा काऊ ने देहरादून शहर में सीवर लाइन बिछाए जाने में बरती गईं अनियमितताओं का मुद्दा उठाया वहीं विपक्ष की ओर से उठाए गए स्टिंग मामले में सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है वह भ्रामक बातें और अखबारों की कटिंग दिखाकर सरकार को बदनाम कर रहा है

इसमें गैरसैंण के समग्र विकास के संबंध में विस्तुत चर्चा की गई

यह कार्य गैरसैंण में खेल मैदान से संबंधित था इसी प्रकार चौखुटिया क्षेत्र में विश्राम गृह का स्थान उपलब्ध ना होने के कारण उसके निर्माण को भी निरस्त किया गया स्लग शराब रिपोर्ट हरिद्वार जिले में हाल ही में जहरीली शराब से हई मौतों के मामले में विधायक खजानदास की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट आज सदन के पटल पर रखी गई इसमें जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए जिला प्रशासन की लापरवाही को भी जिम्मेदार माना गया है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमंचद अग्रवाल के निर्देश पर गठित समिति ने हरिद्वार जनपद के प्रभावित गांवों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी विधानसभा अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में जल्द ही एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की जाएगी

गुरुवार को देहरादून में अमेरिकन इण्डिया फाउण्डेशन यानि एआईएफ के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए किये जा रहे ग्रोथ सेन्टर से भी उन्हें जोड़ा जा रहा है

और अब अन्य मन्दिरों में भी इसकी शुरूआत की जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता के विकास के लिये राज्य सरकार पूरा सहयोग करने को तैयार है इसके लिये एक अनुकूल नीति तैयार की गई है

इस अवसर पर प्रदेश सरकार और अमेरिका इण्डिया फाउण्डेशन के बीच स्टार्ट अप महिलाओं के नेतृत्व में सामाजिक उद्यमिता और सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस मॉडल पर विस्तार से चर्चा हई एआईएफ के कंट्री डायरेक्टर मैथ्यू जॉसेफ ने बताया कि फाउण्डेशन विभिन्न अप्रवासी भारतीयों के माध्यम से देश के विभिन्न प्रदेशों में शिक्षा स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में कार्य कर रही है उन्होंने बताया कि एआईएफ राज्य में महिला सामाजिक उद्यमिता पर फोकस कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तैयार एमएसएमई पॉलिसी इस क्षेत्र में उनके लिए बहुत ही सहायक है और उन्हें इस पॉलिसी के माध्यम से राज्य में बहुत ही अनुकूल वातावरण प्राप्त हो रहा है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र में सबकी भागीदारी आवश्यक है उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में पहुंचकर अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में देखने या शामिल करने के लिए ऑवेदन करने को कहा है इसके अलावा शिविर में जरूरी संशोधन और फोटो पहचान पत्र के लिए आवेदन भी किया जा सकेगा स्लग उदघाटन सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्किल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं का कौशल विकास जरूरी है आज देहरादून में आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर स्किल के नये केन्द्र के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का कौशल विकास कर उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना होगा उन्होंने समय की मांग के अनुसार युवाओं को विभिन्न तकनीकि प्रयोगों के लिए तैयार करना और युवाओं के कौशल विकास में औद्योगिक संस्थानों के सहयोग को जरूरी बताया

इस मौके पर श्रम एवं सेवायोजन और कौशल विकास विकास मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इंडस्ट्रियों बैंकों और अन्य संस्थानों को भी सरकार के साथ सहयोग करना होगा स्लग कृषि सचिव प्रदेश के ं कृषि सचिव डी सैंथिल पाण्डियन ने सभी जिलाधिकारियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने इस योजना के तहत अब तक चिन्हित किये गये और डाटा फीड किये गये पात्र किसानों के संबंध में जानकारी ली स्लग दो गिरफ्तार उत्तर प्रदेश में आतंकवाद रोधी दस्ते ने आज सहारनपुर जिले के देवबंद से दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने मीडिया को बताया कि ये आतंकवादी स्थानीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए संगठन में भर्ती करते थे उन्होंने बताया कि दोनों का कनेक्श्न जैश ए मोहम्मद से है इन आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री वीडियो और तस्वीरें बरामद की गई हैं

उन्होंने समाज को पर्यावरण संरक्षण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान और मताधिकार को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया